मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य में उद्योगों के लिये नीति का किया गया है सरलीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण में श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेनदेन सम्भव हुए इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने का आह्वान किया उन्होंने फाइव जी प्रणाली को समयबद्व तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षो में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय एक अरब से अधिक मोबाइल फोन और पचहत्तर करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता है उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे पिछले चार वर्षो के दौरान ही जुड़े हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल सम्मावनाएं असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसाइयों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है हाल में संसद द्वारा पारित किये गये कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठनों के द्वारा कल भारत बंद का प्रदेश में कोई खास प्रभाव नहीं रहा राज्य में आम दिनों की तरह रोजमर्रा के सारे काम हुए दुकानें और बाजार खुले रहे आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा हालांकि किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गो और सड़कों को जाम करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह क्रृषि कानूनों के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विप्सी दलों का पाखंड है वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है कि यही हमारा मौका है तो उसका लाम उठाएं इसके सिवा कुछ भी नहीं है अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के क्रूपी मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया सभी राज्यों में से दस राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया तब अच्छा था एपपीएमसी का मॉडल कानून और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है ऐसा कैसे होगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विपक्ष द्वारा कही गई बातों को भ्रामक और झूठ ठहराया हैं इस बिल के पारित होने के बाद तीन सौ ॐ लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी ॐ लाख किसानों से हो चुकी है ॐ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा इनके खाते में जा चुका है

इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा ये खरीददारी मंडियों में हुई इसका मतलब विपस ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी वो भी झूठ विपक्षी ने भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑप्रेशन नहीं होगा वो भी झूठ विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में सरकार द्वारा उद्योगों के लिये नीति का सरलीकरण किया गया है उन्होंने कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि निवेशकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराई जाये और उद्योगों की स्थापना के लिये उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में औद्योगिक निवेश का विशेष महत्व है इसलिये अधिकारी पूरी रूचि लेकर उद्योगों की स्थापना के लिये कार्य करे मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए पल्स पोलियो वैक्सीन की तर्ज पर कोल्ड चेन तैयार की जाय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाय और लखनऊ मेरठ वाराणसी कानपूर नगर झांसी गाजियाबाद और गोरखपुर में कोविड नाइन्टीन के बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाय मुख्यमंत्री ने कल अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव और उपचार की व्यवस्था को मजबूत किया जाय साथ ही कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम की व्यवस्था को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाय उन्होंने कहा कि जब तक कोविड नाइन्टीन की कोई कारगर दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक सतर्कता ही बचाव है श्री योगी ने कहा कि टीम ग्यारह ने पूरे समन्वय के साथ बेहतर परिणाम दिए हैं केन्द्र सरकार ने कहा कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा कल दोपहर बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की समी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात रिथति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्पादन करने वाली कम्पनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है भारत में छह संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार आठ सौ चौबीस नये मामले सामने आये वहीं इस दौरान दो हजार एक सौ ग्यारह कोरोना मरीज उपचारित होकर ठीक हो गये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कूल पांच लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ बत्तीस लोग कोरोना से ठीक हुए है राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इक्कीस हजार तीन सौ चौहत्तर है और अब तक कोरोना के कुल पाये गये संक्रमित मामलों की संख्या पांच लाख अट्ठावन हजार एक सौ तिहत्तर है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना से तेईस लोगों की मौत हुई और राज्य में अब तक कोरोना से सात हजार नौ सौ सड़सठ मौतें हुई है